राज्य निर्वाचन आयुक्त पी एस मेहरा ने कल जयपुर में संवाददाता सम्मेलन में निकाय चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निकाय चुनाव पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साघते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार निकाय चुनाव पर खुद भी भ्रमित रही और जनता को भी भ्रम में रखा श्री पूनिया कल सीकर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाईब्रिड मॉडल के खिलाफ भाजपा ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का आहयान किया था उससे पहले ही सरकार अपने फैसले से पलट गई

राजस्व संबंधी शिकायतें प्राप्त होने के बाद खान और पेट्रोलियम विमाग के सचिव दिनेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डा रघ् शर्मा ने प्रदेश में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने फोकल स्प्रे कार्यवाही की काउण्टर जांच करवाने के निर्देश भी दिए श्री शर्मा ने अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल नर्सिंग स्टॉफ का मुख्यालय पर ठहराव सुनिश्चित कराने की आवश्यकता पर जोर दिया खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने कहा है कि प्रत्येक पात्र गरीब व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा सुषी में जोडने के लिए हर संभव प्रयास किये जाए श्री मीना कल जयपुर में नवनियुक्त जिला रसद अंधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं का धरातल पर सही ढंग से क्रियान्वयन कर गरीब व्यक्ति को हर हालात में लाभ पहुंचाये

पांच दिवसीय दीपोत्सव श्रृंखला के तहत आज प्रदेशभर में रूप चौदस का पर्व परम्परागत तरीके से मनाया जा रहा है आज के दिन महिलाएं श्रंगार करती है और धन तथा एश्वर्य की कामना के लिए आज चन्द्रमा के भी दर्शन करेंगी राजसमंद में वल्लम सम्प्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दीपोत्सव और अन्नकूट को लेकर दर्शन व्यवस्था की समी तैयारियां पूरी कर ली गई है श्रीनाथ जी मंदिर में रूप चतुर्दशी के अवसर पर आज विशेष कार्यक्रम होगा बाडमेर में सीमा सुरक्षा बल सैक्टर मुख्यालय में दिवाली मेर्ल का आयोजन किया जायेगा राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल धनतेरस के अवसर पर जयपुर के गांधीनगर स्थित राजकीय शिश्रु और बालिका गृह पहुंचे और बच्चों से मुलाकात की उन्होंने बच्चों को मिठाई और उपहार भेंट किए